प्रदेश में इक्यावन हजार से अधिक पुलिस आरक्षियों की होगी भर्ती महिलाओं के लिए बीस प्रतिशत पद आरक्षित

हर्षोल्लास के वातावरण में परम्परागत ढंग से आज मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की छठी बैठक में विभिन्न परियोजनाओं और उसके कामकाज की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने देश में आपदाओं से कारगर तरीके से निपटने की आकश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आपदाओं से जुड़े विभिन्न संबद्व पक्षों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त अभ्यास किये जाने चाहिए ताकि आपदाओं के समय जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर तरीके से कार्रवाई की जा सके प्रघानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के कार्य में विश्व स्तरीय विशेषज्ञता अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों समेत गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राघामोहन सिंह भी बैठक में मौजूद थे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई के संबद्गता संबंधी उपनियम नये सिरे से तैयार किए गये हैं ताकि उसके काम काज में तेजी और पारदर्शिता आ सके नई दिल्ली में कल श्री जावडेकर ने कहा कि संबद्दता प्रक्रिया का नये सिरे से निर्धारण इसलिए किया गया है कि राज्य और केन्द्र स्तर पर अनापति प्रमाण पत्र एनओसी लेने में कोई समस्या नहीं हो श्री जावड़ेकर ने कहा कि सही निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीबीएसई संबंधित स्कूल को आशय पत्र जारी करेगी फीस में कोई लागत छिपी हुई नहीं होगी और खेलों को पूरा प्रोत्साहन दिया जायेगा केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा है कि कार्यस्थलों पर यौन शोषण की हर शिकायत तुरंत दर्ज की जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जा सके श्रीमती गांधी ने ट्वीट कर कार्य स्थलों पर यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं से अनुरोध किया है कि अगर वे चाहती है तो औपचारिक रूप से आयोग से सम्पर्क कर सकती हैं उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी महिलाएं इस बारे में आयोग को ई मेल भी कर सकती हैं जिसका पता है एनसीडब्लू डॉट मीट टू ऐट द रेट आफ जी मेल डॉट इन डॉट कॉम इस बारे में डब्लू डब्लू डब्लू डॉट शी बाक्स डॉट एन आई सी डॉट इन पर भी ्रेपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर नई भर्तियां किये जाने की घोषणा की है जिसके तहत प्रदेश में पुलिस एवं पीएसी में इक्यावन हजार से अधिक आरिक्षयों की शीघ्र ही नई भर्ती की जायेगी

अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आख्वी सिविल पुलिस की नई भर्ती में बीस प्रतिशत पद महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि पिछली अन्तिम पुलिस भर्ती के दौरान पात्र अम्यर्थियों को नई भर्ती की आयु सीमा में छूट मिलेगी प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि एक हजार छह सौ नवासी फायरमैन और तीन हजार छह सौ अड़तीस बंदी रक्षकों की भी नई भर्ती की जायेगी प्रदेश के विकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने निर्देश दिया है कि पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किये गये छह मातृ एवं शिश् विंग को नक्बर तक हर दशा में शुरू कर दिया जाये उन्होंने कहा कि मिर्जापुर और सोनमद्र में निर्मित सौ बिस्तरों वाले मात एवं शिशु विंग की शुरूआत प्राथमिकता के आधार पर किया जाये जिसका शुमारम्म केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया जायेगा श्री सिंह ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छह मातृ एवं शियु विंग मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित किये गये हैं उन्होंने शेष छह अन्य मातृ एवं शिशु विंग को दिसम्बर तक प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मेडिसिन सप्लाई कारपोरेशन के तहत समी पवहत्तर जनपदों में वेयर हाउस बनाये जा रहे हैं समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिंह ने स्वास्थ्य निदेशालय की कार्यशैली में सुधार के लिए विश्व प्रसिद्ध कम्पनी जॉन हॉपकिंस के सुझावों पर भी चर्चा की प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे वयोवृद्ध कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह तिरान्नबे वर्ष के थे श्री तिवारी लम्बे समय से बीमार चल रहे थे उत्तराखण्ड में सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ पव्वीस को नैनीताल ज़िले के बलोती गांव में जन्मे श्री तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल जाने वाले श्री तिवारी ने आजादी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था वह बाद में कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और देश के पहले ऐसे राजनीतिज्न हुए जिन्हें दो राज्यों के मुख्यमंत्री होने का गोरव प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई राजनेताओं ने उनके निधन पर दुरूख व्यक्त किया है भाजपा अध्यक्ष अभित शाह और कांग्रेस अव्यक्ष राहुल गांधी ने भी श्री तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री तिवारी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय के साथ अन्य राजनीतिक दर्लो के नेताओं ने भी एन डीतिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है ब्राई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व विजयादशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में परम्परागत ढंग से ध्रम्बाम से मनाया जा रहा है प्रदेश के विमिन्न भागों में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में आज दशहरा मेलों के आयोजन किए गये हैं इन मेलों में बुराई अन्याय और अनाचार के प्रतीक रावण कृम्मकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाने के कार्यक्रम है विभिन्न स्थानों पर आयोजित रामलीला में भी आज रावण का के प्रसंग का मंचन होगा कई स्थानों पर शोभायात्राए निकाली जा रही है दशहरा पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर द्वारा आज निकाले जाने वाली शोमायात्रा में गोरक्षपीठ के महन्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे इस बीच कल शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही प्रदेश भर में लगे नवरात्र मेले कल कन्या पूजन के साथ ही सम्पन्न हो गये भिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्याचल में कल देर रात तक श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा नौ दिनों तक चले नवरात्र मेले में वहां कल तक बाईस लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने माता विन्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किए बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी कल नक्रात्र के आखिरी दिन श्रद्दाल्ओं की भारी भीड़ लगी रही अन्य शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी कल कन्या पूजन और हवन के कार्यक्रम आयोजित हुए उधर दुर्गा पूजा उत्सव भी कल चरम पर रहा भारी संख्या में लोगों ने दुर्गा पाण्डालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन पूजन किए देर रात तक दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा सभी शहरोनगरो और कस्बों में चहल पहल और भीडभाड़ देखी गयी राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदरेवासियों को शारदीय नवरात्र की नवमी और क्जियादशमी की बघाई देते हुए उनके सुख और समृद्धि की कामना की है राज्यपाल ने अपने सन्देश में कहा कि यह पर्व हमें सत्य एवं सदाचार का आचरण करने के साथ अच्छाई की बुराई पर विजय का सन्देश देते हैं हम समी को आपस में प्रेम एवं सौहार्द से रहते हये दूसरों की खुशियों में सहभागी बनना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे देश की धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता ही इसे विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व सदमार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है यह पर्व हमें ऊर्जा उत्साह और आशा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है वर्ष दो हजार उन्नीस में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है जबकि इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन सोमवार से लिये जाएंगे केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में इसकी घोषणा की